शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार नगर निगम महापौर कुसम सदरेट सहित अन्य गण मान्य लोगों और स्कूली बच्चों ने इस स्वच्छता अभियान में भाग लिया इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों से प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान में सक्रियता से जुड़ने का आहवान किया विमोचन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में लवलीन थर्मानी द्वारा लिखित पत्रिका हिम नारी शक्ति का विमोचन किया मुख्यमंत्री ने लेखिका के प्रयासों की सराहरना करते हुए कहा कि ये पत्रिका प्रदेश की महिलाशक्ति के लिए प्ररेणादायी होगी लघु बचत ब्याज केंद्र सरकार ने विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ा दी है बढ़ी दरें अगले महीने से लागू होंगी

पांच वर्ष के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड योजना पर ब्याज की दर मौजूदा सात दशमलव छह प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दी गई है किसान विकास पत्र पर अब सालाना सात दशमलव सात प्रतिशत और सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर साढ़े आठ प्रतिशत ब्याज मिलेगा

मुहर्रम इस्लामी वर्ष यानि हिजरी सन का पहला महीना होता है हिजरी सन का आगाज़ भी इसी महीने से होता है इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग जलूस निकाल कर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते है और रोजा रखते है कहा जाता है इसी दिन अलाह के नबी हज़रत नूह की किश्ती को किनारा मिला था और हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत हुसैन को शहीद कर दिया गया था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 भाजपा कार्य समिति की बैठक पर दैनिक जागरण की सुर्खी है ओक ओवर में धमूल नड्डा व केंद्रीय नेताओं के साथ जयराम की मंत्रणा फीड बैक से तैयार होंगे प्रत्याशी आपका फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हवाले से लिखता है प्रे देश ने मोदी को समर्थन देने का बनाया मन हिमाचल दस्तक ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल के हवाले से लिखा है अनैतिक गठबंधन से सर्तक रहें दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पैट्रोल में आग से डरी भाजपा पार्टी कार्यसमिति की बैठक में जताई गई चिंता

जबकि दैनिक सवेरा का शीर्षक है भाजपा ने सराही मोदी जयराम की नीतियां गुड़िया दुष्कर्म मामले से जुड़ी ख़बर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है सीबीआई को पुलिस को शपथ पत्र देने को तैयार हुआ हाईकोर्ट जल परिवहन सेवा से जुड़ी ख़बर पर अमर उजाला की सुर्खी है प्रदेश के तीन बांधों में शुरू होगी जल परिवहन सेवाएं आपका फैसला बतौर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर के हवाले से लिखता है जलक्रिड़ाओं व परिवहन गतिविधियों से मिलेंगी प्राथमिकता

अमर उजाला लिखता है हथियारों से लेस पुलिस कर्मियों के कड़े पैहरे में हुई कार्रवाई जबकि पंजाब केसरी का कहना है जिला प्रशासन ने दिया कार्रवाई को अंजाम

दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है हाई स्पीड ट्रेन में एचपीएमसी की जूस रेलवे विभाग की लैब में सैम्पल पास होने के बाद बिक्री शुरू बढ़ेगी कमाई अख़बार की एक अन्य ख़बर है बिलासपुर में चार करोड़ का स्कॉलरशिप घोटला एजुकेशन सेक्रेटरी ने दिए जांच के आदेश बिजली बोर्ड कर्मचारियों व पैंशनरों को मिलेंगी अंतरिम राहत खबर को पंजाब केसरी और दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय बदलता परिवेश में लिखता है कि सरकारी कर्मचारी अगर अपने हितों को आगे रखकर कार्य करेंगे तो योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचने की उमीद करना बेमानी है हिमाचल दस्तक ने अपने संपादकीय जर्जर स्कूलों भवनों की ओर ध्यान दें में लिखा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास तो लगातार जारी है लेकिन अभी तक मूलभुत सुविधाओं के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है